प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं के योगदान के बिना खूले में शौच से मुक्ति का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता उन्होंने कहा कि कुपोषण का मुद्दा भी महिलाओं की व्यापक हिस्सेदारी से सुलझाया जा सकता है बाईट एक काम जो हमारी माताएं बहनें बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं वो है हमें कुपोषण से मुक्ति लेनी है

अगर हमारी बेटियां मजबूत नहीं होंगी तो हमारी माताएं मजबूत नहीं बनेंगी उसी प्रकार से दूसरा काम जो है वो भी बहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है और वो है जल जीवन मिशन पानी का मूल्य क्या है महिला को जितनी समझ है किसी को नहीं है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि गरीबों तथा निम्न मध्यमवर्गीय लोगों के लिए वर्ष दो हजार चौबीस तक बिहार में आठ सौ पचास अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे श्री चौबे ने कहा कि राज्य में पहले से ही एक सौ पचपन औषधि केंद्र संचालित हैं जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में अभी छह हजार दो सौ औषधि केंद्र चल रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और निम्न मध्यमवर्गीय लोगों को सस्ती दर के साथ ही सरलता से दवा उपलब्ध हो इस पर विशेष ध्यान दिया है केन्द्र सरकार देश में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की आजीविका के लिए दो हजार बाईस तक पचहत्तर लाख महिला स्व सहायता समूह बनाने की तैयारी कर रही है ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कहा कि महिला स्व सहायता समूह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का आधार है देश में साठ लाख से अधिक स्व सहायता समूह हैं सरकार ऐसी महिलाओं को आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दे रही है

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिसे लेकर सतर्कता बढ़ा दी गयी है कोरोना संक्रमण को लेकर अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों में भी डॉक्टरों को विशेष रूप से तैनात किया गया है वहीं होली पर कोरोना प्रभावित देशों से पटना आये सात लोगों को विशेष निगरानी में रखा गया है सिविल सर्जन डॉक्टर राजकिशोर चौधरी ने बताया कि दो लोग ताईवान दो ऑस्ट्रेलिया और एक एक इंडोनेशिया घाना और ब्रिटेन से आये हैं इनमें से चार युवक पटना दो मुजफ्फरपुर और एक समस्तीपुर के रहने वाले हैं नालंदा खूला विश्वविद्यालय पटना और बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में कुलपति जबकि मगध विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति की नियुक्ति की गयी है राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार प्रोफेसर एचएन प्रसाद को नालंदा खुला विश्वविद्यालय का कुलपति वहीं प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडेय को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है प्रोफेसर विभूति नारायण सिंह मगध विश्वविद्यालय बोधगया के प्रति कुलपति बनाया गये हैं इन तीनों की नियुक्ति प्रभार लेने की तिथि से तीन वर्षों की होगी रविवार को हुई सिपाही बहाली की दूसरे चरण की लिखित परीक्षा में राज्य के अलग अलग केन्द्रों से फर्जी और कदाचार के आरोप में एक सौ नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है इनमें से कई दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे सिपाही भर्ती की परीक्षा में भागलपुर के एक परीक्षा केन्द्र से दूसरे के बदले परीक्षा दे रहा पटना के पीएमसीएच से एमबीबीएस कर रहा एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है इधर पटना के कॉमर्स कॉलेज सेन्टर से प्रश्न पत्र के वायरल किये जाने की खबर को केन्द्रीय चयन पर्षद ने खारिज कर दिया है मैट्रिक परीक्षा के मूल्यांकन कार्य में योगदान नहीं करने वाले एक सौ दस शिक्षकों पर पटना जिले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी ज्योति कुमार ने बताया कि इन सभी शिक्षकों के खिलाफ नियोजन इकाई को निलंबन के लिए पत्र लिखा जायेगा हड़ताली शिक्षकों के जनवरी और फरवरी माह के वेतन पर भी रोक लगा दी गयी है इधर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक उत्तर प्रस्तिका के मूल्यांकन में इंटरमीडिएट के शिक्षक और कॉलेज के लेक्चरर को लगाने का निर्णय किया है बोर्ड ने इसके लिए सभी जिला शिक्षा कार्यालय को निर्देश जारी कर दिया है इसके साथ ही वित्त रहित अनुदानित शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में लगाया जायेगा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट समय पर ही मार्च और अप्रैल में जारी किया जायेगा आज होलिका दहन है होली का त्योहार कल मनाया जायेगा होली को लेकर प्रशासन विशेष चौकसी बरत रहा है और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गयी है होली को लेकर अस्पतालों और अग्निशमन विभाग को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि इस त्योहार से हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भावना वलवती होती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होली का यह पवित्र त्योहार लोगों के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आयेगा इधर होली के मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं प्रलिस मुख्यालय के सूत्रों ने बताया कि सिपाही से लेकर आईजी तक की छुट्टियां रद्द कर दी गयी है इसके साथ ही पारा मिलिट्री फोर्स की एक कम्पनी पटना और दूसरी भागलपुर में तैनात की गयी है पटना सहित राज्य के कई इलाकों में आज हल्की बारिश की सम्भावना है पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से टर्फ लाईन गुजर रही है जिसके प्रभाव से अगले बहत्तर घंटों के दौरान राज्य के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की सम्भावना है पटना के श्रीकृष्णापूरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत अपराधियों ने एक रिटायर पोस्टमास्टर सकल देव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी कोल इंडिया ने पटना समेत देश के पांच शहरों में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय को बंद करने का निर्णय लिया है कोल इंडिया के निदेशक एसएम तिवारी ने कहा कि इकतीस मार्च तक ये सभी कार्यालय बंद कर दिये जायेंगे अवैध खनन के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत औरंगाबाद जिले के वारूण थाना क्षेत्र अन्तर्गत झूमर ढिहरा गांव से पुलिस ने अवैध रूप से बालू ले जा रहे चार ट्रक और एक ट्रैक्टर का जब्त किया है आंध्र प्रदेश के कडपा में खेले जा रहे अन्डर महिला नाईनटीन वन डे क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार ने नगालैंड को छह विकेट से पराजित कर दिया टूर्नामेंट में बिहार की यह छठी जीत है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 हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार की बेटियों भावना बीना को नारी शक्ति सम्मान बीना समेत सात महिलाओं को प्रधानमंत्री ने सौंपा सोशल मीडिया दैनिक भास्कर लिखता है नम हवाओं से सुबह शाम पड़ेगी ठंड प्रभात खबर ने यस बैंक की संकट को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है ग्राहकों को राहत किसी भी एटीएम से निकाल सकेंगे पैसे राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है बिहार विधान परिषद की सत्रह सीटों पर चुनाव अगले माह दैनिक जागरण की सुर्खी है होलिका दहन आज कल मनायी जायेगी होली